आज श्रीनगर में निशुल्क दूरदर्शन डिश सेटटॉप बॉक्स बांटने के लिए आयोजित समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशभर में लगभग हर भाषा के सात सौ से ज्यादा टीवी चौनल काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस समय नौ करोड़ टेलीविजन डीटीएच से जुड़े हैं प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार पूरे देश में निश्ल्क डीटीएच सेटटॉप बॉक्स बांट रही है देशभर में जहां दूर दराज का एरिया है सीमा पर है या लेफ्टविंग एक्सविजम का एरिया है जहां टीवी के डीटीएच ऑपरेटरस भी नहीं पहंचते जहां लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलती ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में मुफ्त में डीटीएच का ये सेट टॉप बॉक्स लोगों को दिया जायेगा तो उनको सौ चौनल भी मुफ्त दिखेंगे और एंटरटेनमेंट ये दोनों उनके पास आ जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने डोगरी समाचार बुलेटिन शुरू करने मुफ्त डिश बांटने और डीडी कशीर की सिग्नेचर ट्यून के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि समाचार बुलेटिन ऐसी शक्ति है जिससे शत्र के प्रोपोगंडा से निपटने में मदद मिलती है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने भी इस अवसर पर विचार रखे

मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दूरदर्शन समाचार को विश्वस्त समाचार माध्यम बताया और कहा कि डीडी कशीर की सामग्री और प्रस्तृति बहत शानदार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के छ करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है किसान परिवारों के बैंक खातों में एक हजार दो सौ तीस करोड़ रूपये की राशि सीधे अंतरित की गयी है इस योजना का दायरा बढ़ाकर किसानों की जोत के आकार का ध्यान रखे बिना देश के तमाम किसानों के लिए इसका विस्तार किया गया है राज्य सभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में क्रषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि योजना के अंतर्गत दो करोड़ अतिरिक्त किसानों को योजना का फायदा उपलब्ध कराया जाएगा देश में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के दौरान अनाज उत्पादन अट्ठाईस करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार टन होने का अनुमान है यह पिछले तीन वर्ष के औसत उत्पादन से एक करोड़ छिहत्तर लाख तीस हजार टन ज्यादा है कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केन्द्र सभी राज्यों में कई फसल विकास योजनाएं और कार्यक्रम चला रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जून को सवेरे ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है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 प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ षून्य षून्य एक एक सात आठ षून्य षून्य डायल करके भी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं इनमें से कुछ संदेश मन की बात के प्रसारण में शामिल किए जा सकते हैं और कृछ सुझावों की चर्चा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर प्रधानमंत्री के पास सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं प्रदेष के कुछ स्थानों पर हुई गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और वर्शा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है पूर्वी उत्तर प्रदेष के कुछ हिस्सों में वर्शा का क्रम बीती रात से आज दोपहर तक जारी रहा मौसम विषेशज्ञों के अनुसार मानसून बिहार के पूर्णिया जिले तक पहुंच गया है इसके छब्बीस जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेष में दस्तक देने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है विषेशज्ञों के अनुसार इसके लिए वायुमण्डलीय माहौल भी तैयार है और बंगाल के खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है